कोविड महामारी स दश एकज्ट होकर लड़ रहा है आप भी हमार साथ स्रक्षा और बचाव का तीन आसान उपायों का संकल्प लें मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी स्रक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें

नई दिल्ली में म्ख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत न केंद्रीय मंत्री स मुलाताक की

उन्होंन हरिद्वार दहरादून नश्चनल हाईवश्पर जोगीवाला में जाम की समस्या को दूर करन पर सहमति व्यक्त करत हए राज्य सरकार स इसका प्रस्ताव जल्द भ्रामन को कहा चमोली आपदा केंद्र औऱ राज्य सरकार न जोशीमठ आपदा में लापता हुए लोगों को मृत घोषित करन की प्रक्रिया निर्धारित कर दी है इस संबंध में नोटिफिकशन जारी किया गया है स्वास्थ्य सचिव अमित नश्नी नश्नआदश जारी कर सभी जिलाधिकारियों को इसकी प्रक्रिया श्रू करन को कहा है

तपोवन स्रंग स लगातार पानी का रिसाव हो रहा है जिसस खोजबीन में बाधा आ रही है गहमंत्री सीएम मलाकात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह न कहा कि चमोली आपदा में राज्य सरकार कम्द्रीय एजेंसियों और स्थानीय प्रशासन न बहतर समन्वय स कार्य किया उन्होंन कहा कि आर्मी आईटीबीपी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ न सर्च और रफ़्क्यू कार्य क साथ ही आपदा प्रभावित गांवों में बिना दप्री का राहत पहुंचान का काम भी किया म्ख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत न केंद्रीय गृह मंत्री स म्लाकात कर जोशीमठ क्षघ्ठ में आई आपदा में राहत और बचाव कार्यो की जानकारी दी उन्होंने राज्य में उत्तराखण्ड हिमनद एवं जल संसाधन शोध कम्द्र की स्थापना का अन्रोध किया

केंद्रीय ग़ह मंत्री न आश्वासन दिया कि क्रम्द्र सरकार द्वारा उत्तराखण्ड को हरसम्भव सहयोग दिया जाएगा केंद्रीय जलशक्ति मंत्री कम्द्रीय जलशक्ति मंत्री गज़म्द्र सिंह श्राखावत न कहा है कि लखवाड़ परियोजना पर कैबिनप्ट क्लियरेंस और किसाऊ परियोजना पर राज्यों का बीच में समझौता जल्द हो जाएगा म्ख्यमंत्री त्रिव्रम्द्र सिंह रावत न कल नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री स म्लाकात की

इसका अलावा म्ख्यमंत्री न कहा कि पर्वतीय क्षाब्रों में अतिवृष्टि व दैवीय आपदा स क्षतिग्रस्त सिंचाई योजनाओं क जीर्णोद्धार और स्दृढ़ीकरण को भी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हर खप्त को पानी में शामिल किया जाए

इसस जरूरी काम स नप्राल जान वाल लोगों न राहत की सांस ली है नप्राल प्रशासन न क्छ शर्तों का साथ सीमा खोली है फिलहाल भारतीय निजी वाहनों को नप्राल में प्रवश्न की इजाजत नहीं है ट्रांसपोर्ट या सामान ल जान वाल वाहनों को ही जान की अन्मति रहशी बीमार और आवश्यक कार्य स जान वाल वाहनों को भी छूट मिल ी जिस नप्राल प्रशासन तय कर नप्राल जान वाल भारतीय नागरिकों को कोविड रिपोर्ट दिखानी होगी या टफ्ट कराना होगा

फार्म भरन में नप्राल की सुरक्षा एजेंसी एपीएफ लोगों की मदद करशी

उन्होंन कहा कि टनकप्र बनबसा सीमा से नप्राल प्रवश का लिए कोविड शर्तो का पालन करना होगा क्वसल पूर्णागिरि मक्षः का दौरान ब्रहमदक्ष स्थित सिदधनाथ बाबा का दर्शन का लिए जान वाल श्रदधालुओं को कोरोना जांच का बिना जान दिया जाएगा

सत्र का दौरान टफ्ट की रिपोर्ट विधानसभा को दम्री होगी बजट सत्र का लिए की जान वाली स्रक्षा व्यवस्था पर विचार विमर्श का लिए विधानसभा अध्यक्ष न आज उच्च अधिकारियों का साथ बैठक की

स्वास्थ्य विभाग का अधिकारियों को जिलों में और भराड़ीसैंण परिसर में इसका लिए व्यवस्था करन क निर्देश दिय गए हैं कोरोना संक्रमण को दख्यत हए उन्होंन विधानसभा परिसर का अंदर और सभा मंडप में जारी प्रवक्ष पत्र का साथ ही सुरक्षा चैकिंग और वाहनों की पार्किंग को लक्कर चर्चा की उन्होंन कहा कि अधिकारियों और कर्मचारियों को कोविड एसओपी का पालन करना होगा प्रवश्व द्वार पर सभी की थर्मल स्कैनिंग की जाएगी बजट सत्र का दौरान दर्शक और अधिकारी दीर्घा में किसी व्यक्ति को प्रवध्वा पत्र जारी नहीं किया जाएगा

खासतौर पर महाराष्ट्र ग्जरात क्वल मध्यप्रदश और छतीसगढ़ स आन वाल लोगों पर खास नजर रखी जा रही है

महाकंभ कोविड व्यवस्था कोविड स्रक्षित हरिद्वार महाक्ंभ का लिए फ्रंटलाइन वर्कर्स स्वास्थ्य कर्मियों और मप्ता इयूटी में लग प्रशासनिक अधिकारियों पुलिस और मीडिया कर्मियों का निःश्ल्क कोविड टीकाकरण कराया जा रहा है मस्राधिकारी दीपक रावत न कहा ऐस सभी लोगों को कंभ क दौरान ही टीका की दुसरी डोज भी लगान का प्रयास किय जाएंग उन्होंन ऋषिकल आयूर्वेद परिसर में बन कोविड वैक्सीनश्रान सेंटर में ख्द भी कोविड का टीका लगवाया उन्होंन कहा कि कोविड का टीका पूरी तरह स्रक्षित है सभी लोग ख्द का टीकाकरण कराकर ख्द का साथ दूसरों को भी कोविड स स्रक्षित रखन में अपनी भूमिका निभाएं

निःशुल्क मास्क का वितरण भी किया जाएगा स्कल निरीक्षण बागष्ठवर में हाईकोर्ट का आदश का बाद गठित जिला स्तरीय निगरानी समिति न एक स्कूल का निरीक्षण कर कोरोना संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण का लिए की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया समिति ना प्रधानाचार्य को सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई स पालन करत हए छात्र छात्राओं और स्टाफ की अनिवार्य रूप स थर्मल स्क्रींनिंग करन क निर्देश दिय उन्होंन कहा कि सभी छात्र छात्राओं का नियमित डाटा तैयार किया जाय उन्होंन सभी छात्र छात्राओं स मॉस्क का अनिवार्य रूप स उपयोग करन को कहा आत्मरक्षा टिहरी टिहरी पुलिस बप्ती बचाओ बप्ती पढ़ाओ अभियान का तहत कीर्तिनगर मुनिकीरप्री और चंबा में स्कूली छात्राओं को आत्मरक्षा का गुर सिखा रही है